मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सहित देश के विभिन्न भागों से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने वाली आठ रेलगाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना कीं इन रेलगाडियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाडियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल का मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवडिया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि केवडिया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है उन्होंने कहा कि दुनियाभर से पर्यटक केवडिया आ रहे हैं और अमरीका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है बाइट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं अपने लोकापर्ण के बाद करीब करीब पचास लाख लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवडिया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है भविष्य में हर रोज एक लाख तक लोग केवडिया आने लगेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी ये रेल लाइन नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली ओइचा और गरूडेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ेगी वाराणसी से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए यह नई ट्रेन काशी केवड़िया महामना एक्सप्रेस के नाम से जानी जायेगी वाराणसी कैन्ट स्टेशन से संचालित होने वाली यह विशेष ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं और नवीनतम तकनीक से लैस है

लोकार्पण कार्यकम में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर रवीन्द्र जायसवाल डॉक्टर नीलकंठ तिवारी क्षेत्रीय विधायकगण और गणमान्य लोग मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सभी ज़िलाधिकारियों और ज़िला प्रमुखों को अपने ज़िलों में सड़क सुरक्षा के नियमा का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी जिलों में दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी प्रबन्ध किये जायें श्री योगी ने राज्य में कॉमन सर्विस सेन्टर की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके निवास स्थान के करीब बेहतर ढंग से सुलभ हा सकेंगी जिससे न सिर्फ़ समय बल्कि धन की भी बचत होगी इसके अलावा नये कॉमन सर्विस सेन्टर शुरू होने से शहरी अर्द्वशहरी इलाकों सहित सुदूर ग्राम पंचायतों तक बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर भी लोगों को हासिल होंगे राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से गन्ना उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना किसानों को बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उपलब्ध करायें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

ब्यौरा हमारे संवाददाता से डिस्पैच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में बताया कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और योजना के अनुसार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बारे में किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है और इस क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा

शिक्षक नेता और राज्य विधान परिषद के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश शर्मा का कल देर रात निधन हो गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक सन्देश में श्री योगी ने कहा कि श्री शर्मा वरिष्ठ और अन्भवी शिक्षक नेता थे वह शिक्षकों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहे उनके निधन से शिक्षाजगत को ख़ासी क्षति पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए टीकाकरण अभियान जारी है उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ भ्रामक प्रचार करने वाले देश के वैज्ञानिकों और भारत की छवि खराब कर रहे हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग घरों में कैद होने के लिए बाध्य थे वहीं एलआईसी के अभिकर्ताओं ने न सिर्फ़ लोगों को बीमा सुरक्षा के बारे में जागरूक किया बल्कि उन्हें ज़रूरत के अनुसार बीमा सुरक्षा लेने में भी मदद की श्रीमती पटेल ने यह बात आज राजभवन में लाइफ इन्श्योरेंश कार्पोरेशन के ज़रिए आयोजित बीमा योद्वा सम्मान समारोह में कही उन्होंने कहा कि एलआईसी के प्रयासों से ही आम जनमानस जीवन बीमा के महत्व को समझ सके राज्यपाल ने ग्राहक सेवा के लिए उठाये जा रहे क़दम के लिए संगठन की कोशिशों की प्रशंसा की इस अवसर पर उन्होंने बीमा निगम तथा उसके अभिकर्ताओं का आहवान किया कि वे देश को कुपोषण और टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ज़रूरी योगदान करें